अदालत ने प्रशासन को अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं जैसी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सभी संस्थानों में इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का भी निर्देश दिया है न्यायमूर्ति एनवी रमण ने कहा कि इंटरनेट सेवाओं को सीमित या निलंबित करने के लिए पारित कोई भी आदेश न्यायिक समीक्षा का विषय होगा

बालाघाट से हमारे संवाददाता ने बताया है कि केंद्रीय विद्यालय की नवी कक्षा की छात्रा तन्वी भोयर भी श्री मोदी से अपना प्रश्न पूछेंगी

कारखाना राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में तीन गुटखा कंपनियों के कारखानों पर जीएसटी खाद्य विभाग बिजली विभाग और आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू की संयुक्त कार्रवाई की गई है

गुटखा कंपनियों के खिलाफ गुटखा की खुले बाजार में बिक्री करने की लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं शिकायतों पर ईओडब्ल्यू ने सभी प्रकार की गोपनीय जानकारी एकत्र करने के बाद छापामार कार्रवाई की रणनीति तैयार की थी

इस कान्फ्रेंस की षुरुआत दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे दो बच्चों ने की प्रदेष के खेल और उच्च षिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने भी कान्फ्रेंस में षामिल होकर देष विदेष से आए चिकित्सकों से चर्चा की उन्होंने प्राडर विले नामक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चों से भी मुलाकात की मौसम प्रदेश में सर्द हवाओं के चलने से अधिकांश जिलों में तीखी ठंड का असर महसूस किया जा रहा है राजधानी भोपाल में ध्यप निकलने के बाद भी लोग बर्फीली हवाओं से जूझते रहे रीवा सागर भोपाल उज्जैन और चम्बल संभागों में आज घना कोहरा रहा

उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शीतलहर की बजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है मौसम विभाग ने आज भोपाल इंदौर ग्वालियर उज्जैन होशंगाबाद रीवा सागर सहित कई जिलों में शीतल दिन रहने की संभावना जताई है क्रिकेट भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम टी ट्वेंटी क्रिकेट मैच आज पुणे में खेला जाएगा मैच शाम सात बजे शुरू होगा आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा

रीवा कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर ने निःशक्त पुनर्वास केन्द्र की गतिविधियों की समीक्षा की